इस दौरान प्रदेश की चारों सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने सहित चुनाव संबंधी तैयारियों व रैलियों पर विचार विमर्श किया गया बैठक में प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्यमल और सांसद वीरेंद्र कश्यप मौजूद रहे बाद में एक जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर सहित अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए इस बीच प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोर कमेटी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पार्टी हाईकमान तय करेगी चुनाव आयोग प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं

स्वीप कार्यक्रम ऊना के ज़िला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए ऊना में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने स्वीप के अंतगर्त जागरूकता अभियान पर चर्चा की उन्होंने कहा कि स्कलों व कॉलेजों सहित हर स्तर पर जागरूकता अभियान छेडा जाएगा ताकि वोट प्रतिशत बढाया जा सके कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने पार्टी नेताओं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है वे आज शिमला में कांग्रेस की जनचेतना यात्रा शरू करने से पहले शिमला संसदीय क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों और सचिवों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

उर्न्होंने कहा कि कांगडा संसदीय क्षेत्र में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पार्टी की राज्य प्रभारी रजनी पाटिल और मंडी संसदीय क्षेत्र में पार्टी के सभी नेता यात्रा का समापन करेंगे कुलदीप राठौर ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को कांग्रेस के वायदों से अवगत करवाया जाएगा बैठक प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधिनस्थ विधायन और मानव विकास समितियों की दो दिवसीय बैठक आज सम्पन्न हुई इस दौरान अधिनस्थ विधायन समिति ने शिक्षा कृषि तथा जनजातीय विकास विभाग के विभिन्न पर्दो के भर्ती व प्रोन्नति नियमों को संवीक्षा के बाद अनुमोदित किया मानव विकास समिति ने उच्चतर व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से प्राप्त विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया और इन पर प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया चुनाव सिरमौर लोकसभा चुनाव के मध्येनजर सिरमौर जिले में जिलास्तरीय व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त ललित जैन ने कहा है कि ये समिति चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नज़र रखेगी उन्होंने कहा कि निगरानी समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त अदित्य नेगी होंगे मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा हालांकि जनजातीय क्षेत्रों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कल हुई बर्फबारी से ठण्ड बढ़ गई है